जयराम ठाकुर रिकांगपिओ में सब जेल भवन का शिलान्यास और जिला स्तरीय सम्मेलन हॉल का लोकार्पण भी करेंगे इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्यस्तरीय किन्नौर महोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे जावडेकर केवीएस केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छात्रों का आहवान किया है कि वे अगले शिक्षा सत्र से पहले अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं के चार पांच वाक्य बोलना जरूर सीख लें उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में सरकार एक पुस्तक तैयार कर रही है जिसमें समी भारतीय भाषाओं के वाक्य शामिल होंगे प्रकाश जावड़ेकर नई दिल्ली में विज्ञान भवन परिसर में केंद्रीय विद्यालय संगठन के तीन दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर को संबोधित कर रहे थे मुआयना राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने देशभर में रासायनिक व जहरीली खेती के विरूद्व जनआंदोलन चलाकर किसानों को शून्य लागत प्राकृतिक कृषि का विकल्प दिया है इससे न केवल किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भूमि की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरूआत हल्के बादलों के साथ हुई है हालांकि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति सहित चंबा व कुल्लू जिले की उंची चोटियों पर सुबह से ही हल्का हिमपात हो रहा है इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से लिखता है मुख्यमंत्रियों की बैठक में ड्रग्स की समस्या का क्या निष्कर्ष निकला जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा शपथपत्र दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है हिमाचल में नशे के बढ़ते कारोबार पर हाईकोर्ट सख्त हिमाचल दस्तक के शब्द हैं हाईकोर्ट ने पूछा मुख्यमंत्रियों की बैठक से क्या निकला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान को अमर उजाला ने सुर्खी दी है बेटियों को सीखाने होंगे कानूनी दांवपेच दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हर छात्रा अपनी सहेली को सिखाए आत्मरक्षा के गुर अजीत समाचार के अनुसार कोख से शुरू हो जाता है लड़कियों का संघर्ष पंजाब केसरी की एक खबर है पर्यटन निगम की घाटे वाली इकाईयों को लीज पर देने की तैयारी में सरकार

दैनिक जागरण की एक खबर है जस्टिस करोल होंगे त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दैनिक भास्कर की एक खबर है क्लस्टर यूनिवर्सिटी के निर्माण में देरी पर केंद्र की हिमाचल को फटकार पत्र की एक अन्य खबर है लीज पर हेलीकॉप्टर लेकर शुरू की जाएगी हैली टैक्सी सर्विस केंद्र से मांगे अढाई करोड़ आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का दायित्व शिक्षकों पर पत्र के अनुसार नई दिल्ली में पौंग विस्थापितों की मांगों पर माथापच्ची आज

राज्य की नवजात मृत्यु दर में सुधार शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है देशभर में हिमाचल का प्रदर्शन बेहतर मौसम से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है प्रदेश के पांच जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है बागवानी विकास प्रोजेक्ट पर नर्म पड़े सरकार के तेवर

दिव्य हिमाचल अपने संपादकीय में लिखता है कि नए निवेश के श्रंगार में प्रदेश की महत्वकांक्षा और लक्ष्य शिखर की ओर है मगर संस्थागत संतुलन के कई आयाम भी इसके साथ परखे जाएंगे

नमस्कार